चौथे चरण के लिए पांच लोकसभा क्षेत्रों में नामांकन का काम समाप्त

और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि

लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो गया इस चरण में प्रदेश के चार लोकसभा क्षेत्रों औरंगाबाद जमुई गया और नवादा के लिए ग्यारह अप्रैल को वोट डाले जायेंगे इन संसदीय क्षेत्रों में तीन महिला उम्मीदवारों समेत कुल चौवालीस प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं औरंगाबाद और जमुई से नौ नौ तथा गया और नवादा से तेरह तेरह उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है इन चार संसदीय क्षेत्रों में हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी तथा लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है इसके अलावा औरंगाबाद से तीन बार सांसद रहे भाजपा के सुशील कुमार सिंह पूर्व सांसद भूदेव चौधरी पूर्व विधान पार्षद् उपेंद्र प्रसाद पूर्व विधायक विजय कुमार मांझी और सोम प्रकाश जैसे दिग्गज भाग्य आजमा रहे हैं इन चार संसदीय सीटों पर वर्ष दो हजार चौदह के लोकसभा चुनाव में भाजपा को तीन और लोजपा को एक सीट पर जीत मिली थी इस बार भाजपा ने औरंगाबाद के निवर्तमान सांसद सुशील कुमार सिंह और लोजपा ने जमुई के निवर्तमान सांसद चिराग पासवान पर फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें दुबारा उम्मीदवार बनाया है लेकिन गया और नवादा सीट इस बार भाजपा ने अपने सहयोगी दल के लिए छोड़ दिया है नवादा से निवर्तमान सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस बार बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे हैं वहीं गया के सांसद हरि मांझी को पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दी है तालमेल के तहत इस बार जदयू के खाते में गई गया सीट से विजय क्मार और नवादा से लोजपा के चंदन क्मार उम्मीदवार बनाये गये हैं पहले चरण में ही नवादा विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान होना है उपचुनाव में मुख्य मुकाबला हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के धीरेन्द्र कुमार सिन्हा और जदयू के कौशल यादव के बीच होने के आसार हैं लोकसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार के अंतिम दिन आज विभिन्न दलों के प्रमूख नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चूनावी रैलियों को संबोधित किया कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गया में महागठबंधन उम्मीदवार जीतनराम मांझी के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करते हुये केन्द्र की एनडीए सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने पिछले पांच साल में अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया श्री गांधी ने कहा कि बेरोजगारी बढ़ी है जिस कारण युवाओं में घोर निराशा है उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी को अर्थव्यवस्था के लिए घातक बताते हुये कहा कि इससे छोटे उद्यमियों और व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुये कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि चौकीदार अमीरों के घर होता है उन्होंने कहा कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो न्याय योजना के तहत देश के बीस प्रतिशत सबसे गरीब परिवारों को बहत्तर हजार रूपये सालाना मिलेंगे श्री गांधी ने कहा कि सत्ता में आने के एक साल के भीतर केन्द्र सरकार के रिक्त पड़े बीस लाख से अधिक पदों पर बहाली की जायेगी सभा को कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा समेत महागठबंधन के अनेक नेताओं ने भी संबोधित किया इधर जदयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार ने बांका में एनडीए उम्मीदवार गिरिधारी यादव के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया श्री कुमार ने कहा कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए कई योजनाएं बनायी हैं उन्होंने कहा कि एनडीए ही देश को मजबूत और सक्षम नेतृत्व दे सकता है वहीं गया में भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार और मंगल पांडेय ने रोड शो कर एनडीए उम्मीदवार विजय कुमार के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील की भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे ने औरंगाबाद में कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने आतंकवाद और भ्रटाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है उन्होंने दावा किया कि राज्य में एनडीए को सभी चालीस सीटों पर जीत हासिल होगी वहीं लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने शेखपुरा के बरबीघा और नवादा के कौआकोल में एनडीए उम्मीदवार चंदन कुमार के पक्ष में चुनाव प्रचार किया जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में जनसम्पर्क अभियान चलाकर लोगों से अपने पक्ष में मतदान की अपील की चौथे चरण के लिए नामांकन का काम आज समाप्त हो गया इस चरण के तहत दरभंगा उजियारपुर समस्तीपुर बेगूसराय और मुंगेर संसदीय क्षेत्रों में उनतीस अप्रैल को मतदान होना है नामांकन के अंतिम दिन आज उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र क्शवाहा ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया वहीं बेगूसराय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार समेत बारह प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र भरा

समस्तीपूर से नौ और उजियारपूर से पन्द्रह उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया नामांकन पत्रों की जांच कल होगी और प्रत्याशी शुक्रवार तक अपना नाम वापस ले सकते हैं राजद के वरिष्ठ नेता तेज प्रताप यादव ने कहा है कि वे सारण संसदीय सीट से च्रनाव नहीं लड़ेंगे आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि वे जहानाबाद और शिवहर संसदीय सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को अपना समर्थन देंगे और उनके पक्ष में चूनावी सभा भी करेंगे प्रदेशभर में चलाये गये विशेष अभियान के तहत आज छह अवैध हथियार और ग्यारह कारतूस बरामद किये गये वहीं आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के कुल सत्रह मामले दर्ज किये गये कटिहार लोकसभा क्षेत्र में इस बार चूनावी मुकाबला काफी रोचक होने की सम्भावना है

यहां चुनावी दंगल में नौ प्रत्याशी डटे हुए हैं मुख्य मुकाबला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व महागठबंधन के प्रत्याशी तारिक अनवर और एनडीए की ओर से जदयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी के बीच माना जा रहा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद शकूर इसे त्रिकोणीय बनाने के प्रयास में हैं लोकसभा क्षेत्र में पार्टी के स्टार प्रचारकों के द्वारा अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में लगातार चुनावी सभाए किये जा रहे हैं आकाशवाणी समाचर के लिए कटिहार से मुकेश चौधरी प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज सुबह से मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि हुई है प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर भारी ओलावृष्टि की खबर है सीतामढ़ी दरभंगा मध्यबनी सुपौल सहरसा बेगूसराय पूर्णियां कटिहार भोजपुर और भागलपुर में कई जगहों पर कच्चे घर गिर गये वहीं तेज हवा के कारण पेड़ों के गिर जाने से बिजली आपूर्ति व्यवस्था बाधित हुई है शेखपुरा जिले के घाटकुसुम्भा थाना क्षेत्र अन्तर्गत बटौरा गांव में वजपात की घटना में एक युवक की मौत हो गयी वहीं समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिलौत गांव में एक व्यक्ति की मौत की खबर है खगड़िया में ओलावृष्टि के कारण घायल एक दर्जन लोगों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि मौसम के रूख में आये परिवर्तन के कारण गेहूँ मक्के और सरसों के साथ साथ दलहन की फसल को व्यापक नुकसान हुआ है आम और लीची की फसल को भी काफी क्षति हुई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान सुपौल में सबसे अधिक इकतीस मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी सीबीआई ने बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में जेल की सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद की उच्चतम न्यायालय में जमानत याचिका का विरोध किया है जांच एजेंसी ने आज प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि यादव लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक गतिविधियां चलाकर जमानत का दुरूपयोग कर सकते है मामले की अगली सुनवाई कल होगी सूर्योपासना का चार दिवसीय महापर्व चैती छठ आज नहाय खाय के साथ शुरू हो गया व्रतियों ने नहाय खाय के संकल्प के तहत नदियों तालाबों में स्नान करने के बाद अरवा भोजन ग्रहण कर इस व्रत को शुरू किया

खरना के बाद निराहार निर्जला व्रत शुरू हो जायेगा महापर्व के तीसरे दिन व्रतधारी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे इसके अगले दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही व्रत की समाप्ति होगी और अब अंत में मुख्य समाचार ग्यारह अप्रैल को पहले चरण के लोकसभा चूनाव के लिए प्रचार समाप्त

चौथे चरण के लिए पांच लोकसभा क्षेत्रों में नामांकन का काम समाप्त

और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि